अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार प्रधानमंत्री रहे

हमारे संवाददाता ने बताया कि महान नेता की याद में पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर भावभीनि श्रद्धांजलि दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सदैव अटल स्मारक जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की केंद्रीय मंत्री अमित शाह डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की स्वतंत्रता दिवस पर कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों और आम आदमी की भलाई ले लिए एन डी ए सरकार का खाका पेश किया श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता के पिचहत्तरवें वर्ष तक किसानों की आमदनी दोगुनी हर गरीब का अपना पक्का मकान हर घर में बिजली कनेक्शन और प्रत्येक गांच में ऑप्टिकल फाइबर तथा ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि नीली अर्थव्यवस्था यानी सागर जनित अर्थव्यवस्था पर जोर देने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि किसानों को निर्यातक बनना चाहिए और देश का प्रत्येक गांव निर्यात का केंद्र बने उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों में एक मजबूत सरकार है उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में सरकार सभी क्षेत्रों में पारदर्शी जवाबदेह भ्रष्टाचार मुक्त परिवर्तन और न्यायसंगत विकास के जरिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है यह बात श्री मेन ने कल चौखाम में तिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कृषि संस्कृति और उससे संबद्ध क्षेत्रों बिजली जल विद्युत पर्यटन खेल और कौशल विकास के अलावा सड़क संपर्क पर जोर दिया है राज्य विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने कल नवनिर्मित शी योमी जिला मुख्यालय तातों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया लोगों को संबोधित करते हुए श्री सोना ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के अंदर केवल योग्य उम्मीदवार को ही अपनी क्षमता और कड़ी मेहनत के बल पर नौकरी मिलेगी उन्होंने कहा कि सभी ग्रप सी पदों में स्वतंत्र एव निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड का गठन किया है जिले में विभिन्न माध्यमों के जरिए स्व रोजगार के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के महत्व पर बल देते हुए श्री सोना ने लोगों से खासतौर पर युवाओं से पर्यटक के अनुकूल होने के लिए कहा

श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में इस कार्यक्रम का यह तीसरा संस्करण होगा प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि मन की बात भारत के असाधारण व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को मनाने का श्रेष्ठ मंच है उन्होंने लोगों से अपने विचार माई गाव ओपन फॉरम पर साझा करने के लिए आमंत्रित किया है

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश इस प्रसारण का हिस्सा बन सकते हैं इस कार्य के लिए फोन लाइने बाइस अगस्त तक खुली रहेंगी

ईस्ट सियांग जिले में स्थित राज्य के पहले सैनिक स्कूल में आगामी दो हजार बीस इक्कीस शिक्षा सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरु हो गई हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगामी तेईस सितंबर तक चलेंगी स्कूल के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार दत्त ने कहा कि सैनिक स्कूल के वेबसाईट पर जाकर अभिभावक अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्रवेश परीक्षा अगले वर्ष पांच फरवरी को ईटानगर पासीघाट तथा तवांग के परीक्षा केंद्रों पर होगी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 आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया